विधायक पृथ्वी राज मीणा तथा अन्य बागी विधायकों की ओर से यह याचिका लगायी गयी जिस पर न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा के न्यायालय में आज दोपहर बाद दो बार सुनवायी हई पहली बार याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में संशोधन का समय मांगा गया जिसे न्यायालय ने मंजुर कर लिया शाम पांच बजे संशोधित याचिका पर सुनवाई हई जिसके बाद न्यायाधीश ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया अब इस मामले की सुनवाई खंडपीठ करेगी

जिसके बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा इन विधायकों को नोटिस जारी कर कल तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था एक अन्य घटनाक्रम में जयपुर के अधिवक्ता हेमन्त नाहटा ने राज्यपाल को एक याचिका दायर कर कहा कि बहजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते विधायकों को कांग्रेस सदस्य स्वीकार किये जाने संबंधी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है आकाशवाणी से बातचीत में श्री नाहटा ने कहा कि पार्टी की स्थिति को मुल रूप में बहाल करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की है इससे पहले परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संकट के इस समय में कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए एक सवाल के जवाब में श्री खाचरियावास ने कहा कि किसी को कोई समस्या है तो उसे पार्टी के मंच पर आकर रखना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी के वापस आने के रास्ते बंद नहीं हुए हैं

उन्होंने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लोगों का जल्दी पता लगने से उनका समय पर उपचार हो रहा है

उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना संकमण को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने की अपील की है

आज बडी संख्या में कोरोना योद्वाओ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और साथिनों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया झालावाड़ में जागरूकता अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से रोजाना एक एक सैक्टर में ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

इस अधिकारी ने एक लाख रूपए की रिश्वत ली थी इस प्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था इसने जोधपुर जिले के फलोदी में सौर ऊर्जा संयंत्र की सफाई से संबंधित काम के सिलसिले में शिकायतकर्ता से साढे तीन लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी सीबीआई ने जाल बिछाकर इसे रिश्वत की किस्त के एक लाख रूपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ़तार किया

इस एएसआई ने एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में उसका नाम शामिल नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है

इसके अलावा धौलपुर में आज तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली आज टोंक सिरोही ब्रंदी झालावाड और राजधानी जयपुर में हल्की बारिश हई है इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के ड्रंगरपुर उदयपुर बांसवाडा सिरोही जालौर और राजसमंद जिलों में भारी बारिश होने और कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जतायी है

पंद्रह ड्रोन के साथ पांच अतिरिक्त कंपनियों को भी कीटनाशकों के छिडकाव से लंबे पेडों और दुर्गम क्षेत्रों में टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है इस बीच आज सिरोही जिले के फुंगनी गांव में बडी संख्या में टिडि्डयों के आने की खबर है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फलैगशिप प्रोग्राम समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जिसका फेस ट् फेस मोड को श्री निशंक ने पिछले साल लॉच किया था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

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें